मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो कॉनफ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें अलग तरीके से सोचने व काम करने के लिए विवश कर दिया है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परीक्षा की इस घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कारण ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर फैलाव रूक पाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न केवल लोगों को सामाजिक द्ररी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूक किया बल्कि होम क्वारंटीन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मदद की उन्होंने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सराहनीय कार्य के दृष्टिगत उनके मानदेय में पांच सौ रूपए मासिक तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में तीन सौ रूपए की बढ़ौतरी की है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि योग मन बुद्धि और शरीर को स्वस्थ बनाकर सफल जीवन जीने की शैली है राज्यपाल आज शिमला में राजभवन में उनसे मिलने आए अंर्तराष्ट्रीय योग संयोजक रंजीत सिंह और योग खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि योग हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस समृद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना काल में योग अधिक प्रासंगिक है क्योंकि इससे हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है उन्होंने स्कूल में योग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया अंतर्राष्ट्रीय रोग प्रशिक्षक रंजीत सिंह ने इस मौके पर राज्यपाल को आश्रम के विद्यार्थियों द्वारा योगाभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल उपलब्धियों से अवगत करवाया अनुराग केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ आंरभ की गई विभिन्न योजनाओं के चलते हिमाचल शत प्रतिशत घरों को गैस कनैक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है उन्होंने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रदेश वासियों को बधाई दी

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि बरसात के दौरान सोलन जिला में किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है सैजल ने आज सोजन में एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि जिले में फोरलेन निर्माण कार्य से हो रही क्षति को देखते हुए पीडित लोगों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा उन्होंने माना कि फोरलेन के कार्य में अवैज्ञानिक ढंग से हुई कटिंग और डंपिंग के कारण लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है उन्होंने माना कि पर्यटकों के लिए प्रदेश के द्वार खोलने से लोगों को कुछ भय हो सकता है लेकिन पर्यटकों के लिए विशेष नियमों के बाद कोरोना फैलने का भय अवश्य कम होगा कार्यकारिणी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला ज़िला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का आज गठन किया है

यशवंत छाजटा को लगातार दूसरी बार शिमला ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष रूपेश कंवल को संगठन महासचिव और राजेश वर्मा को मीडिया महासचिव नियुक्त किया गया है एसजेवीएन सतलुज जलविद्युत निगम के शिमला स्थित कारपोरेट मुख्यालय में सौहार्द प्रदर्शनी व आउटरीच नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने तीन दिवसीय प्रदर्शनी के समापन अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन मेरा सामाजिक दायित्व की संकल्पना के तहत किया गया इसका उददेश्य निगम में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की मदद करना है उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में निगम के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से दान की गई वस्तुएं प्रदर्शित की गई जिन्हें आज कम आय वाले और आउटसोर्स कर्मियों में वितरित किया